विधानसभा सत्र प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र दो दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर शुरू होने जा रहा है

सत्र की शुरूआत प्रश्नकाल से होगी और बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे इसके अलावा विभिन्न कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कांगड़ा ज़िले के परागपुर में आज विकास कार्यों की समीक्षा की

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी हैं

उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंचायतों को कारण स्पष्ट करने होंगे

शिमला में एक बैठक में मारकण्डा ने इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक छात्राओं का पंजीकरण सुनिश्चित कर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया उन्होंने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्राइविंग कोर्स शुरू करने के भी निर्देश दिए

अनुराग ठाकर ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं और ये कार्यक्रम सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बने हैं

पांवटा में आज एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे

इस बीच ऊर्जा मंत्री ने गोंदपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से बैठक में कहा कि पांवटा क्षेत्र के उद्योगपतियों की मूलभूत समस्याओं का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि किसान गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उन्होंने आज घुमारवीं में कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उददेश्य किसान मजदूर व गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित करना है इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया राजेन्द्र गर्ग ने पड़यालग में गौशाला का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए

सरकार ने कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है

औद्योगिक प्रकोष्ठ भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुमीत शर्मा ने प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी व ज़िला संयोजकों की घोषणा की है ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद लिया गया है सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों और ज़िला संयोजकों से एक सप्ताह में अपने ज़िला की कार्यकारिणी व मंडल संयोजकों की नियुक्ति और मंडल कार्यकारिणी बनाने को कहा गया है

इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान बदन में दर्द खांसी गले में खराश सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है नियमावली के अनुसार स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने हाथों और सांस लेने संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने और द्सरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने और रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है डाक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन प्राणायाम और ध्यान करते रहने पर बल दिया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है

इस सुविधा से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आधे घण्टे में मिल सकेगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी उपमण्डलों के अस्पतालों में भी ये टैस्ट सुविधा दी जाएगी उन्होंने कहा कि इसके तहत रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना संक्रमण का पता लगाकर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई कोरोना संकट के चलते प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं कुछ स्थानों पर ऑनलाइन अध्ययन के दुष्परिणाम भी सामने आए हैं जिसके तहत सोलन जिले में एक बच्चे के अभिभावक ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं ऐसे में शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ाई में सजगता बरतने के निर्देश दिए हैं सोलन के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक रोशन जसवाल ने अभिभावकों से भी इस संबंध में सतर्कता बरतने का आहवान किया है मौसम प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून के कमज़ोर पड़ने से वर्षा के दौर में कमी आई है

इन दिनों दिन के समय खिल रही तेज़ धूप से निचले इलाकों में जहां उमस भरी गर्मी का दौर जारी है वहीं मध्यम पहाड़ी व ऊपरी क्षेत्रों में रात्रि के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है